मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली मुख्यमंत्री ने किसानों के दो सौ सात करोड़ रूपए के सिंचाई कर की बकाया राशि को माफ करने की घोषणा की है

गणतंत्र दिवस दिल्ली राष्ट्र आज सत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है मुख्य समारोह नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड और फ्लाई पास्ट की सलामी ली दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की

राष्ट्रपति ने लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया लांस नायक वानी की ओर से उनकी माता और पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया परेड का नेतृत्व दिल्ली मुख्यालय क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री कर रहे थे राजपथ पर परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया

इस मौके पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली परेड में सशस्त्र बलों पुलिस सेवा नगर सेना एनसीसी एनएसएस और स्काउड गाईड़स अश्वरोही दल सहित बाईस ट्कड़ियों ने हिस्सा लिया गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पदक विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक विशिष्ट सेवा पदक जेल सराहनीय सुधार सेवा पदक केन्द्रीय गृहमंत्री मेडल और राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त चार बहादुर बच्चों को नगद राशि सहित प्रशस्त्रि पत्र और वीरता पदक प्रदान किए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों के दो सौ सात करोड़ रूपए के सिंचाई कर की बकाया राशि को माफ करने की घोषणा की

गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड मैदान में बदले मौसम की चुनौती ने कार्यक्रम की अवधि अवश्य घटा दी पर बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ समारोह की लंबी तैयारी कर रहे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेताब थे लेकिन खराब मौसम और अचानक तेज बारिश के कारण लोकरंगों से भरा सांस्कृतिक कार्यक्रम रोकने का निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक दलों के बच्चों के साथ अपनी फोटो खिंचवाई उन्होंने बच्चों से कहा कि वे निराश न हो मुख्यमंत्री निवास में उन्हें आमंत्रित कर उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा

उन्होनें द्रभाष पर जांजगीर चांपा जिले के शहीद रूद्र प्रताप सिंह के परिवारजनों से द्रभाष पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद रूद्र की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता गौरतलब है कि उप निरीक्षक शहीद रूद्रप्रताप सिंह ग्राम सोनसरी के रहने वाले थे दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना के नीलवाया जंगल में पिछले साल तीस अक्टूबर को माओवादियों के हमले से अपने साथियों की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राणों की आहति दे दी थी गणतंत्र दिवस जिला मुख्यालय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चाम्पा पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अम्बिकापुर और गृहमंत्री ताम्रध्यज साहू ने जिला मुख्यालय दूर्ग में ध्वजारोहण किया इसी तरह प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रियों और विधायकों ने ध्वजारोहण कर जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया वहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर में न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में सचिव चन्द्रशेखर गंगराड़े ने ध्वजारोहण कर विधानसभा अध्यक्ष के संदेशों का वाचन किया मंत्रालय में प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा और पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने ध्वजारोहण किया इसके अलावा राजधानी में शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक सौ बारह पद्म सम्मान दिये जाने की अनुमति दी है इनमें चार पद्म विभूषण चौदह पद्म भूषण और चौरानवे पदमश्री सम्मान शामिल हैं छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई को पदम विभूषण से सम्मानित किया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर बैण्ड के संयोजक अनूप रंजन पाण्डेय को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती तीजनबाई को पद्मविभूषण और अनूप रंजन पांडेय को पद्मश्री सम्मान की घोषणा पर बधाई और शुभकामनाएं दी है उन्होंने कहा है कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजदूत हैं और उनके विशिष्ट गायन शैली से देश विदेश में छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिली है श्रीमती तीजन बाई महाभारत की कथाओं को छत्तीसगढ़ी भाषा में अभिनव नाट्य और संवाद शैली में प्रस्तृतिकरण करती हैं राजभवन भ्रमण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर राजभवन को आमजनों के लिए खोला गया है आम नागरिक सप्ताह में दो दिन सोमवार और शनिवार को शाम चार बजे से छह बजे तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे इसके लिए नागरिकों को निर्धारित दिनों में सुबह ग्यारह बजे से शाम चार बजे तक मुख्य सुरक्षा अधिकारी को अपना पूर्ण विवरण देकर अनुमति लेनी होगी आम नागरिकों के अलावा शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राएं और शिक्षक सप्ताह के सभी दिन सुबह ग्यारह बजे से शाम चार बजे तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे यह व्यवस्था कल सत्ताईस जनवरी से प्रारंभ की जा रही है राजभवन भ्रमण के पंजीयन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रदर्शनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जन्मशती के अवसर पर रायपुर में गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित पांच दिवसीय मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है रीजनल आऊटरीच ब्यूरो तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी का श्भारंभ सांसद रमेश बैस ने किया कार्यक्रम को संबोधित के करते हुए श्री बैस ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने की कहानी को इस प्रदर्शनी में बहुत ही रोचक तरीके से प्रदर्शित किया गया है रीजनल आऊटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने बताया कि इस प्रदर्शनी में साठ फोटोग्राफ लगाए गए हैं जिसमें गांधी जी के जीवन दर्शन को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है यह प्रदर्शनी सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक दर्शकों के लिए निःशल्क खुली रहेगी इस दौरान सांस्कृ तिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी दुर्घटना रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में बोदाटीकरा पुल से चारपहिया वाहन के अनियंत्रत होकर गिर जाने से उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप घायल हो गया है घटना सुबह नौ बजे के आसपास की बताई गई है उधर बीजापुर जिले में तारलागुड़ा भोपालपट्टनम मार्ग पर ट्रैक्टर के पलट जाने से इसमें सवार एक युवक की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपालपट्टनम में भर्ती कराया गया है बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा इसका प्रसारण कल रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में महासमुंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम प्रदेश के मौसम में अचानक आए बदलाव और बारिश के चलते ठंड फिर से बढ़ गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है पेंड्रा रोड में आज शीत दिवस रहा यहां प्रदेश में सबसे कम सात डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी संभागों में बे मौसम बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है